मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने की

शहरी विकास व संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमण्डल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमण्डल ने एक अन्य अहम निर्णय में प्रदेश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान पृष्प उत्पादकों को मार्च से मई महीने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने का फैसला लिया है

ये सभी मामले चंबा के धडोग मोहल्ले से है सभी संक्रमित मरीजों को कोविड केयर सेंटर में स्थानतरित किया गया है आज ही मंडी के नेरचौक स्थित कोविड अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है राठौर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में विभिन्न माफिया सक्रिय है उन्होंने कहा कि सरकार खासतौर पर भू माफिया को संरक्षण दे रही है

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जमीन किसी भी स्तर पर बाहरी लोगों को नहीं बेची जानी चाहिए

उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को माफिया से मुक्त होने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए डीसी शिमला उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने नाबार्ड के अधिकारियों का आहवान किया है कि वे शिमला जिले के ठियोग और मशोबरा खण्ड को सब्जी उत्पादन के लिए विकसित करें उन्होंने अधिकारियों को यहां कृषक उत्पादन संगठन व कलस्टर विकसित करने को भी कहा इससे क्षेत्र के लोगों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी अमित कश्यप आज शिमला में जिला स्तरीय नाबार्ड की अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने नाबार्ड की प्रदेश में ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में तथा समावेशी समाज के निर्माण में अहम योगदान की सराहना की

प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी महाविद्यालों के प्रधानाचार्यो को जारी आदेशों में इन परीक्षाओं का आयोजन कोरोना महामारी के दृष्टिगत निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत करवाने और इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है आदेशों में कहा गया है कोरोना महामारी के दृष्टिगत छात्र अपने नजदीकी महाविद्यालयों में अपनी सुविधानुसार परीक्षाएं दे सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें अग्रिम कॉलेज प्रशासन को सूचना देनी होगी साथ ही संबंधित महाविद्यालय में संबंधित विषय के प्रश्नपत्र भी उपलब्ध होने चाहिए ऐसा करने वाले छात्रों को अपने मूल महाविद्यालय को भी परीक्षा केन्द्र बदलने के बारे में सूचित करना होगा इस संबंध में प्रधानाचार्यों को जहां छात्रों को अनुमति देने को कहा गया है वहीं उन्हें प्रदेश विश्वविद्यालय को भी ऐसे परीक्षा दे रहे छात्रों के बारे में तुरंत जानकारी देनी होगी जन्माष्टमी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं व दर्शन आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं